न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक मूषण की खण्ड पीठ ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने मुकदमों को आवटन के लिये मुख्य न्यायाधीश ही अधिकृत है पिछले आठ महीने में न्यायालय ने तीसरी बार इस बात को दोहराया है

सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने अमरूदों का बाग पहुंचकर हो रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया उनके साथ बीर्जेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खेन्ना भी मौजूद रहे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर यात्रा के दौरान प्रदेश के अन्य जिलों से लाभार्थियों को लाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां चरम पर है भीलवाडा सवाईमाघोपुर नागौर झालावाड से लामार्थी आज शाम और कल सुबह बसों से जयपुर पहुंचना शुरू होंगे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिये पूरे जयपुर शहर को रंगोली और रोशनी से सजाये जाने की कवायद शुरू हो गयी है वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा के आस पास कल से निषेघाज्ञा लागू हो गयी

सर्वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर करवाया जा रहा है यह अभियान आज से शुरू होगा दस जुलाई तक चलने वाले इस सर्वे में मतदाताओं के नाम जुडवाने से लेकर मतदान करने में रूचि लेने को लेकर सवाल पूछे जायेंगे नाम जुडवाने और मतदान में होने वाली परेशानी की भी जानकारी ली जायेगी

इस एप से जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी और लोग दलालों के चक्कर से भी बचेंगे इस ऐप में गांव का नाम और खसरा नम्बर बताते ही ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड मिल जायेगा

उदयपुर के ही गोगुन्दा थाने के पास डम्पर की टक्कर से एक मोटरसाईकिल सवार की मौत हो गई

दोनो पर ऑनलाईन व्यवसाय के लिये पोर्टल सॉफ्टवेयर बनाने के नाम पर धौखाघडी करने का आरोप है

इस दौरान संस्थान की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढओं अभियान के तहत एक रैली भी निकाली गई